उन्होंने जनपद स्तर पर सभी जिलाधिकारियों पुलिस और विकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा नगर आयुक्त को नियमित बैठक कर कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने घर घर जाकर सर्वे करने कोविड मरीज के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने बेहतर निगरानी तंत्र और अधिक संख्या में रैपिड एन्टीजन टेस्ट को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इनके माध्यम से मृत्यु दर को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को मास्क की उपयोगिता के बारे में जागरूक किया जाए उन्होंने कहा कि लोगों को बताया जाए कि बह्त जरूरी होने पर ही वे घरों से बाहर निकलें तथा दो गज की दूरी के नियम का अनुपालन करें मुख्यमंत्री ने अस्पतालों की साफ सफाई और उन्हें विषाणुमुक्त रखने के लिए नियमित छिड़काव के भी निर्देश दिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन तीन या पांच अगस्त को किया जाएगा श्रीराम जन्मूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल अयोध्या में हई बैठक में यह फैसला लिया गया ट्रस्ट ने भूमि पूजन के अवसर पर प्रवानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमंत्रित करने का निर्णय लिया है मंदिर निर्माण की तिथि पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय लेगा ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या आने के लिए राजी हैं उन्होंने कहा कि मंदिर के स्वरूप में मामूली बदलाव किया गया है और अब मंदिर में तीन की बजाय पांच ग्वद होंगे

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि भव्य राम मंदिर के निर्माण में तीन से साढ़े तीन साल तक का समय लग सकता है प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हरसंभव उपाय कर रही है नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ायी जा रही है जांच क्षमता वढ़कर अब प्रतिदिन पचास हजार से अधिक हो गई है राज्य में अब तक चौदह लाख छबीस हजार नमूनों की जांच की जा चुकी हैं स्वास्थ्य विमाग के अनुसार कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है इस बीच संक्रमण पर काबू पाने के लिए पचपन घंटे का साप्ताहिक प्रतिबंध जारी है जो कल सवेरे तक चलेगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार कोरोना रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रंखला में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है

जो तरीके हैं जिससे ये कंट्रोल में पाया जा सकता है वो हैं सोशल डिस्टॅशिंग रेस्प्रेटरी हाइजीन और या फिर कफ एटीकेट बोल देते हैं जिसमें खांसते और छींकते कक्र मुंह को कवर करना है और हैंड हाइजीन अपने हाथों को बहुत फ्रिक्चेंटली वॉस करना है साबुन पानी से या फ़िर हैंड सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना है पॉजिटिव रहें और अपने आपको इंगेज रखें आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के चिकित्सा अधीक्षक डॉ बलविन्दर सिंह चर्चा में भाग लेंगे श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छः सात पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं श्रोता शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार पर भी सवाल पूछ सकते हैं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयती पर श्रद्वांजलि दी एक टवीट में श्री शाह ने कहा कि मंगल पांडे अट्टारह सौ सत्तावन की क्रांति के सुत्रघारों में से थे और उनकी देशभक्ति तथा बलिदान ने लाखों देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की प्रेरणा दी श्री जावड़ेकर ने भी मंगल पांडे को भावभीनी श्रद्धांजलि दी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कन्नौज जिले में बस और कार की टक्कर में छ लोगों की मौत हो गई और अटठारह व्यक्ति घायल हो गये पुलिस सुत्रों ने बताया कि पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल की मौत सैफई अस्पताल में इलाज के दौरान हई बस विहार से नई दिल्ली आ रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है तथा घायलों के समुचित इलाज के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं प्रदेश के पूर्वी अंचलों में आज सुबह से रूक रूक कर हो रही हल्की से तेज वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है गोरखपुर अयोध्या बस्ती और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही आसमान बादलों से घिरा हुआ है और बूंदाबादी हो रही है मऊ बलरामपुर और बलिया में कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा होने से जलभराव के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से तेज वर्षा का अनुमान जताया है